पार्टी ने राज्य से जिन तिरपन उम्मीदवारो की सूची को जारी की है उसमें लोक सभा सांसद निनोंग इरिंग पासीघाट वेस्ट पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी सागाली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ताकाम संजय लेकांग बोसिराम सिराम पासीघाट ईस्ट लोबो तोयेंग मेबो जे के पागेंग मारियांग गेक्र वांगलिंग लोवांगडोंग बोरदुरिया बोगापानी कोमोली मोसांग नामपोग और थुपतेन कुनफेन को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है वही ताकाम पारियो पालिन आतुम वैली को पाके केसांग युमलाम आचुंग को ईटानगर नानी रिबिया जीरो हापोली तांगा ब्यालिंग नाचो तापांग तालोह पांगिन और युमसेन माते खोन्सा वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे पासीघाट वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार निनोंग इरिंग का आज क्षेत्र में पहुचने पर पार्टी समर्थको ने स्वागत किया उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी सुविधा विकास मुख्य प्राथमिकता होगी इधर कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावो के लिए अड़तीस उम्मीदवारो की आठवी सूची जारी कर दी है अब तक कांग्रेस कुल दो सौ अट्ठारह उम्मीदवार घोषित कर चुकी है

पुलिस उप महानिरीक्षक और चुनाव सुरक्षा के नोडल अधिकारी सुनील गर्ग ने बताया कि राज्य पुलिस बल के सभी अधिकारी और जवान सुरक्षा ड्यूटी पर लगाये गए है वही केंद्रीय अर्धसैलिक बलों की इक्तालीस कंपनियों की तैनाती की जा रही है श्री गर्ग ने बताया कि अब तक चौतीस कंपनियां राज्य के विभिन्न जिलों में आवश्यकता अनुसार तैनात कर दी गई है उन्होंने बताया कि सात और कंपनियां जल्द ही राज्य में तैनात कर दी जायेगी इनमें सी आर पी एफ आई टी बी पी और बी एस एफ की कंपनियॉ शामिल है

उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को इन लोकसभा चुनावो में और अधिक सीटे मिलेगी क्योंकि इस समय श्री मोदी की जबरदस्त लहर है श्री माधव ने आरोप लगाया कि विपक्ष कमजोर और दिशाहीन है क्योंकि उसके पास कोई चुनावी मुद्दा नही है श्री माधव ने आशा व्यक्त की कि भाजपा को अपने गठबंधन सहयोगियो के साथ पूर्वोत्तर में अच्छे नतीजे मिलेंगे

आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है इसमें कहा गया है कि टेलिविजन रेडियो चैनल केबल नेटवर्क वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चरण में मतदान खत्म होने से अड़तालीस घण्टे पहले तक उनके कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नही होनी चाहिए जिसमें किसी दल विशेष अथवा उम्मीदवार का प्रचार या उसके प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह दिखाया जाए आयोग ने कहा है कि इस परामर्श में किसी भी तरह का मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस विश्लेषण कोई दृश्य और साउंड बाइट शामिल हैं निर्वाचन आयोग का कहना है कि वह चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक समाचार प्रसारकों के प्रसारण पर निगरानी रखेगा

उन्होंने कहा कि नया भारत भय भ्रष्टाचार भूख भेदभाव निरक्षरता गरीबी और जातिवाद से मुक्त होगा और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता दूर होगी अपने निवास पर कल दिल्ली विश्वविदायालय के छात्रो के साथ संवाद में श्री नायडू ने युवाओं से रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और मन लगाकर काम करने को कहा उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण करें नकारात्मकता छोड़े सकारात्मक दृष्टिकोण और शांतिप्रिय बनें

लोगो में टी बी रोग यानि तपेदिक से स्वास्थ्य संबंधो सामाजिक और आर्थिक नुकसान तथा इसे रोकने के उपायो के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए हर वर्ष चौबीस मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है इस वर्ष का केंद्रीय विषय है इट्स टाइम यानि बहुत हो गया इसमें टींबी को रोकथाम और इलाज के लिए कार्रवाई तेज करना जिम्मेदारी तय करना और अन्य के साथ साथ अनुसंधान के लिए पर्याप्त और लगातार धन मुहैय्या कराने पर जोर दिया जाएगा

इस अवसर पर पासीघाट में इस बीमारी से बचाव के लिए जन जागरुकता रैली निकाली गई इसमें जनरल अस्पताल पासीघाट के चिकित्सको और स्वास्थ्य कर्मियो ने हिस्सा लिया विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर में लोगो की जागरुकता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के लाभ से परिचित कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर डॉक्टरो ने मरीजों को बेहतर ईलाज और संतुलित खान पान की जानकारी देते हुए उनकी बहुत सी शंकाओ का समाधान किया इस मौंके पर नर्सो द्वारा नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया

आज का अधिकतम तापमान उन्तीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया